यह बैठक स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से संबद्ध है

इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी

यह संगठन कृषि पोषण प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और विकास से संबंधित विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए काम करता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कल रविवार संवाद की छठी कडी में सोशल मीडिया पर कहा कि देश में इस समय रोजाना छह हजार चार सौ टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार कोविड महामारी के कारण बढती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढाने के लिए तैयार है

कल भी इस संकमण से दो हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए

ऐसे किसी भी आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने मास्क नहीं पहनने और बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर कार्रवाई के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारी को अधिकृत किया है अधिसूचना के तहत विवाह और अंतेष्टी के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य से किये जा रहे सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम के लिये जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी

इसी के तहत हमारे एक श्रोता ने ये संदेश भेजा है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

वहीं पाली जिले के रायपुर में कल थाना स्टाफ और पुलिस मित्रों की ओर से मेगा मास्क बनवाकर कस्बे में उसे घुमाया गया और नो मास्क नो एन्ट्री का संदेश दिया गया

मुख्य मुकाबला इस बार भी परंपरागत प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहने की संभावना है इस बीच भाजपा ने कल रात जयपुर हैरीटेज और ग्रेटर दोनों नगर निगमों के लिये प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है

अदालतों में कामकाज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी जारी रहेगा